केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया

उन्होंने कहा सबको उपचार की सुविधा देने के बाद यह दूसरा महत्त्वपूर्ण कदम है जीवन भर एंटीरिट्रोवायरल उपचार एआरटी लेने वाले एचआईवी संक्रमितों पर दवा कितनी प्रभावी हो रही है यह जानने में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी

श्री जेटली ने कल नई दिल्ली में नाबार्ड के निदेशक मंडल की बैठक में कहा कि बैंकों को दीर्घकालिक संपदा में निवेश करना चाहिये जिससे क्रषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण में सुधार हो सके उन्होंने आम बजट में घोषित कोषों की समीक्षा करते हुये कहा कि सभी हितधारकों को किसानों की आय में सुधार के लिए काम करने की जरूरत है

क्षेत्रीय सम्पर्क योजना के तहत शुरू होने वाली हवाई सेवा से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा इसके लिए एटीसी जयपुर के एजीएम मनोज जैन की अगुवाई में अधिकारियों के दल ने बाड़मेर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया

राज्य सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है भरतपुर में अवैध खनन रोकथाम संबंधी जिला स्तरीय संयुक्त समिति की बैठक जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कल हुई जिले के उपखंड अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गए बैठक में जिला कलक्टर ने सभी उपखण्ड अधिकारियों को कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के तहत उनके क्षेत्र में स्थित ईंट भट्टों क्रेशर जोन हॉट मिक्स प्लांट और सभी खनन संबंधी कार्यो को तत्काल प्रभाव से बंद कराके कार्रवाई की रिपोर्ट भिजवायें

इस अवसर पर प्रदर्शनी भी आयोजित की गई

पीसीपीएनडीटी के राज्य समुचित प्राधिकारी नवीन जैन ने बताया कि हर दवा विक्रेता के काउंटर पर ये स्टीकर प्रदर्शित होगें

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस अभियान से आने वाले समय में बाल लिंगानुपात में सकारात्मक परिणाम आएंगे